प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत की छत्तीसगढ़ में भी इसके तहत बैंक शाखाएं और सेवा केंद्र हुए शुरू सुकमा जिले में माओवादिया द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी का एक जवान शहीद तीन अन्य जवान घायल

आयोग ने राज्य और जिला स्तरीय निर्वाचन मशीनरी को भयमुक्त निष्पक्ष तटस्थ और स्वतंत्र रहने के निर्देश दिए हैं

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में मतदान के समय वेब कास्टिग के जरिए नजर रखने की व्यवस्था की जाएगी

समीक्षा के बाद श्री रावत ने कहा कि आयोग ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मुद्दों को जाना आयोग ने आयकर आबकारी और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की

श्री रावत ने बताया कि मतदाताओं और राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च पर भी आयोग निगरानी रखेगा शराब और मुफ्त उपहार वितरण के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की गई है सभी कलेक्टर इसके लिए चुनाव व्यय निगरानी टीमों का गठन करेंगे व्यय प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी

इसके जरिये बचत और चालू खातों मनी ट्रांस्फर बिल भुगतान और कारोबारी भुगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्देश्य विश्वसनीय किफायती और सुगम बैंकिग सेवाएं आम आदमी तक पहुंचाना है इस साल इकतीस दिसंबर तक देश के सभी एक लाख पचपन हजार डाकघरों को आईपीपीबी से जोड़ दिया जाएगा इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बैंक शाखाएं खोलने के अलावा सेवा केंद्रों की भी शुरूआत की गई रायपुर में आयोजित समारोह में लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर संभाग के पांच जिलों में इन बैंक शाखाओं और सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया जवान शहीद सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया वहीं तीन अन्य जवान घायल हो गए बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम फुलबगड़ी थाना से नियमित गश्त पर निकली थी इसी दौरान दोरनापाल क्षेत्र में ये जवान आईईडी की चपेट में आ गए इस घटना में एक जवान शहीद हो गया वहीं तीन अन्य जवान घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है कांग्रेस बैठक प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने आज रायपुर स्थित राजीव भवन में प्रदेश चुनाव अभियान और प्रचार समिति की बैठक ली बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की गई प्रदेश में नौ सितंबर से जंगल सत्याग्रह भी शुरू किया जाएगा बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे मौसमी बीमारी सतर्कता प्रदेश में डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला अब पूरी तरह से सतर्क रहेगा स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने रायपुर में इस सिलसिले में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पतालों और मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा श्रीमती बारिक ने अधिकारियों से कहा कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल डेंगू जांच के लिए आरडी किट और टर्मीफास प्राप्त कर ली जाए चना प्रोत्साहन राशि प्रदेश में रबी वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के चना उत्पादक किसानों को डेढ़ हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा यह राशि करीब एक सौ अट्ठारह करोड़ रूपए की होगी कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस राशि का आवंटन कृषि संचालनालय को जारी किया जा चुका है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी हलषष्ठी संतान की लंबी आय की कामना के लिए मनाया जाने वाले हलषष्ठी का पर्व आज परंपरानुसार मनाया गया इस मौके पर माताओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की और पूजा स्थल पर छोटा सा कुंड बनाया पूजा के दौरान धान अरहर मक्का गेहूं महुआ लाई और पसहर चावल चढ़ाया गया साथ ही हलॅषष्ठी व्रत को कथा सुनी गई पूजा करने के बाद भैंस के दूध से बने दही द्वारा हवन किया गया उल्लेखनीय है कि हलषष्ठी व्रत के दिन माताओं के लिए हल से जुता हुआ अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है आज के दिन महआ का दातून करने की परंपरा भी है मौसम प्रदेश में एक बार फिर व्यापक वर्षा के साथ ही कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भी कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के भी आसार हैं बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई